मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस संबंध में लोगों की काफी मांग आ रही है ऐसे में सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी

उन्होंने कहा कि फिलहाल इस सीमा को बढ़ाने का विचार नहीं है क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार सर्वेक्षण करवाएगी जिसमें इस बात का पता लगाया जाएगा कि आय सीमा बढ़ाने से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा सैजल ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद यदि संभव हुआ तो सरकार यह सीमा बढ़ाने का विचार करेगी

विधायक लखविंद्र राणा और परमजीत पम्मी के एक संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाक़र ने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोर लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण पर आने वाले खर्च को वहन करने से इनकार कर दिया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आधिकारिक और व्यक्तिगत तौर पर यह मामला केंद्र सरकार से उठाया लेकिन केंद्र ने जमीन के इतने अधिक दाम देने से इनकार कर दिया है स्कूलों के समायोजन को लेकर विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार अब शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही है

वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने प्रदेश की खस्ता वित्तीय हालत के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में कुछ विशेष नहीं है और कर्ज के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की गई है उन्होंने इस बजट को दिशाहीन करार दिया

भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लगातार तीसरी बार टैक्स फ्री बजट पेश किया है और हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने कहा कि विदेशों से सेब का आयात कम करने के लिए पूर्व अटल और मौजूदा मोदी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने सेब के नाम पर केवल राजनीति ही की नामांकन भाजपा प्रत्याशी इंद् गोस्वामी ने आज विधानसभा परिसर में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने भाजपा नेतृत्व द्वारा इंदु गोस्वामी को इस कार्यभार के लिए चुने जाने पर बधाई दी उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण में मील पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इंदु गोस्वामी राज्यसभा में प्रदेश के विकासात्मक मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगी